पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ भारी मात्रा में हथियार सहित कई सामान बरामद

राजधानी रांची समेत राज्यमर में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश मौसम विभाग ने पंद्रह जून तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो निर्णय लिए गए

वित्ततमंत्री ने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता पर जुलाई की बैठक में विचार होगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड में जल जीवन मिशन के कार्य पर चिंता व्यक्त की है

उन्होंने कहा कि आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में स्वच्छ जल की अनुपलब्धता एक गंभीर मामला है और इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं

पलामू जिले में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई पुलिस ने मौके से हथियार सहित अन्य सामान बरामद किया बताया जाता है कि मनात् के मध्या और टंडवा के बीच जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी सूचना पर पुलिस और झारखंड जगुआर की टीम उग्रवादियों की टोह में सर्च अभियान चलाया

दुमका रेलवे स्टेशन से एक हजार पांच सौ श्रमिक भारत और चीन की सीमा में सड़क बनाने का काम करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन बीआरओ के द्वारा ले जाया जा रहा है

साथ ही आने वाले श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है जो लेह लदादख के लिए जाने के इच्छ्ख हैं श्रमिको की माने तो हेमंत सरकार की पहल पर पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है साहिबगंज जिले में उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में मजदूरों को लेह लददाख भेजने की तैयारी को लेकर बैठक हुई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

इसके साथ ही अब तक छह सौ उन्नयासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में अब तक एक हजार छह सौ सात संक्रमित मिले हैं जिनमें एक हजार तीन सौ ग्यारह प्रवासी मजदूर शामिल हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छप्पन नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं राहत की बात यह है कि सभी प्रवासी क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं

अब तक क्ल छह कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होने के बाद रिलीज हो चुके हैं

पष्चिमी सिंहभूम जिले में आज आठ लोगों को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया

सभी स्वस्थ हुए मरीजों को सात दिनों के होम कोरंटाइन में रहने के आदेष के साथ घर भेजा गया

उपायुक्त मृत्यूंजय कुमार बरणवाल ने आज समाहरणालय में हुई एक बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को यह निर्देषदिया बैठक में बताया गया कि सदर अस्पताल स्थित देनट मषीन से गुरूवार को बतीस सैंपल की जांच की गयी है हजारीबाग उपविकास आयुक्त विजया जाधव ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत जिले के दो सौ छियलीस पंचायतों में काम हो रहा है उन्होंने बताया कि अब तक पैंतालीस हजार से अधिक मानव श्रम दिवस से अधिक का सृजन हो चुका है करीब आठ हजार प्रवासी मजदूरों का जॉब कॉर्ड भी बनाया जा चुका है लोहरदगा में आज कुल छह सौ छियासी प्रवासी श्रमिकों और विदेश से प्रवासी भारतीयों का आगमन हुआ स्क्रीनिंग के बाद तिरासी लोगों को आइसोलेषन वार्ड और सत्रह लोगों को होम क्वारेंटीन में भेजा गया

केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है द्मका जिले के जरूरतमंद लोगों को इन याजनाओं से घर परिवार चलाने में बड़ी मदद मिली है द्मका शहर के सभी पंचायतों के सभी परिवारों को इस संकट के समय में केंद्र सरकार की जन कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज मिला है खूंटी जिला समाहरणालय सभागार में आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया गया कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो से वेबकास्ट के माध्यम से बाल श्रम संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि राज्यभर में बाल संरक्षण के मामले में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने में खूंटी जिले का बेहतर प्रदर्शन रहा है खूंटी जिले में बाल संरक्षण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेहतर तरीके से कार्यशील है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रण लेते हुए बचपन को बचाने का संदेष दिया है पिछले दो दिनों से राजधानी रांची समेत पूरे राज्यभर में मध्यम दर्जे की बारिष हुई मौसम विभाग ने पंद्रह जून तक पूरे राज्य में अच्छी बारिष होने की संभावना जताई है विभाग ने तेरह जून को कुछ जिलों में वजपात की संभावना भी जताई है बारिष और ठंडी हवा चलने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है

उन्होंने सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की प्रगति का ब्यौरा लिया